पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रीना कश्यप ने आज राजगढ़ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर ने भी अपना नामांकन पत्र भरा राजगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आर्य ने गंगूराम मुसाफिर के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा जिला परिषद सदस्य दयाल प्यारी आशीष सिक्टा और पवन ठाकुर ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने अपने पर्चे दाखिल किए उधर धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया ने धर्मशाला में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सांसद किशन कपूर और पूर्व सांसद शांता कुमार भी मौजूद रहे इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र कर्ण ने भी धर्मशाला में अपना पर्चा दाखिल किया इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व सांसद चन्द्र कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे इसके अलावा सुभाष चंद शुक्ला निशा कटोच चौक्कर भारद्वाज पुनीश शर्मा मनोहर धीमान और राकेश चौधरी ने बतौर निर्दलीय अपने अपने नामांकन पत्र भरे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य व केन्द्र सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है वे आज पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राजगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री के गतिशील और मजबूत नेतृत्व में एक जीवंत व न्यू इंडिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस बार लोकसभा चुनाव में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और देशभर में सबसे अधिक वोट प्रतिशत रहा है इस अवसर पर सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहकारिता मंत्री राजीव सैजल मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि धर्मशाला उपच्चनाव स्थानीय मुददों पर लड़ा जाएगा और भाजपा की कथनी व करनी का अंतर लोग देख चुके हैं आज धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण द्वारा नामांकन पत्र भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला को लेकर जो भी घोषणाएं व कार्यक्रम कांग्रेस सरकार ने चलाए थे भाजपा ने उन पर विराम लगा दिया है अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति एक मजबूत प्रत्याशी का चयन किया है और वे इस उपच्चनाव में जीत दर्ज करेंगे उन्होंने भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कहा कि सुधीर शर्मा हमारे मजबूत नेता हैं और वे पार्टी के साथ और पार्टी उनके साथ खड़ी है आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उद्घाटन सत्र में कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय रही है उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना संघीय ढांचे का बेहतर उदाहरण बन सकती है

इसी के तहत किनौर जिले के रिकांगपिओ में स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सफाई अभियान चलाएंगे धर्मशाला में गांधी स्मृति वाटिका में श्रद्वांजलि अर्पण कार्यक्रम के अलावा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान पौधरोपण व खेल कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक शिमला शाखा द्वारा तीन व चार अक्टूबर को शिमला में ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस दौरान ग्राहकों व व्यापारियों को डिजिटल प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा शिक्षा कृषि वाहन आवास व अन्य प्रकार के ऋणों के संबंध में जानकारी दी जाएगी